भारतीय जनता पार्टी क वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मैं एक चौकीदार के रूप में अपना दायित्व निभा रहा हूं चौकीदार के होते हुए देश को कोई नहीं लूट सकता है प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के पांच सौ स्थानों पर मैं भी चौकीदार अभियान के समर्थन में संकल्प करने वाले लोगों के साथ संवाद कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के लिए काम करने वाला दश का हर व्यक्ति चौकीदार है

बाइट जो पढ़ा लिखा है वो भी जो अनपढ़ है वो भीजो पुरूष है वो भी जो महिला है वो भी जो खेत में काम करता है वो भी जो डॉक्टर है वो भी जो शिक्षक है वो भी समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो कामगार हो हर कोई चौकीदार है और ये भाव ये भाव जितना प्रबल होगा आप मुझे बताइये कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या हर कोई अपना दाथित्व सही निभायेगा नहीं निभायेगाएक जिम्मेदारी का अहसास होगा कि नहीं होगा और उसी भाव को ले करके इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया इस मौके पर श्री मोदी कहा कि मेरी सफलता का कारण जन भागीदारी है मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है बाइट एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है एक प्रलिस वाला अपना कर्तव्य निमाता है तो समस्याओं का समाघान अपने आप होने लगता है हमारे देश में पिछले पांच साल में मुझे जो सफलता मिली है उसका मूल कारण जन भागीदारी है प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत पिछले चालीस सालों से आतंकवाद से पीड़ित है सारी दुनिया जानती है कि इसका रिमोर्ट कन्ट्रोल कहां है उन्होंने कहा कि इस बार आतंकवाद के गढ़ में सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे जवानों ने आतंकवाद का मुंहतोड जवाब दिया है प्रधानमंत्री के मैं भी चौकीदार कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से लखनऊ से सहभागिता निभायी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल में वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे यह घोषणा आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी ने की बाद में मीडिया से बातचीत में श्री एंटोनी ने बताया कि यह फैसला दक्षिण राज्यों के अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर लिया गया है कांग्रेस की इस घोषणा के बाद वाम दलों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि इससे लगता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता अब केरल में वाम दलों से मुकाबला करने की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की उसकी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के खिलाफ है उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी और राहुल गांधी को निश्चित रूप से हरायेगी लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अमी जो प्राथमिकता थी उनकी कि भाजपा को खिलाफ लड़ना है वो बात छोड़ दिया है क्योंकि वायनाड सीट ऐसा सीट है वहां भाजपा न के बराबर है पिछली बार आठ परसेंट वोट उनको मिला था उस सीट पर तो इसका मतलब मुख्य टक्कर लेफ्ट के साथ होगा और ये चुनौतियां स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी को हराने के लिए हम काम करेंगे प्रदेश में राजनीतिक दलों के नेताओं की जनसभाओं रैलियों और रोड शो के साथ चुनाव गतिविधियों में तेजी आ गयी है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है बिजनौर के नगीना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिन्दू समुदाय पर आतंकवादी होने का कलंक लगाया श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर कहा कि वे जहां भी जायेंगे दश की जनता उनसे जवाब मांगेगी वहीं भाजपा नेता मेनका गांधी ने आज अपने क्षेत्र सुलतानपुर में प्रचार किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की इस बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया है कि भीम आर्मी भाजपा की शह पर और उसकी मदद से काम कर रही है और इसका मकसद मतों का विभाजन करना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर कई किस्म की साजिशें रचने का इल्जाम लगाया है वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है और देश में चौकीदारों की दुर्दशा पर सवाल उठाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्षी दल नाकारात्मक राजनीति कर रहे हैं आज गौतमबुद्धनगर में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए श्री योगी ने एक चुनावी जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है परिवारवाद और जातिवाद से हटकर सभी वर्गो के कल्याण के लिए कार्य किया गया है वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने सम्भल जिले के चन्दौसी में चुनावी सभा को सम्बोधित किया और भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को जिताने की अपील की उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज महोबा जिले के खरेला कस्बे में आयोजित चुनावी जनसभा में विपक्षी दलों पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रोकने के लिए एक दूसरे के विरोधी दल भी आज साथ आ गये हैं रामपुर में भाजपा की प्रत्याशी जया प्रदा ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाना हमारा सपना है वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केन्द्र और प्रदेश की सरकार पर प्रशासन और सत्ता का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जनहित में कोई कदम नहीं उठाया है उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब भाजपा को चुनाव में देगी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

भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी प्रिया क्मार की तस्वीरों की प्रदर्शनी हिस्से मेरी जिन्दगी के का आज लखनऊ स्थित ललित कला अकादमी में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के चित्र जीवन के विभिन्न आयामों को दुनिया के सामने लाते हैं प्रिया कुमार ने आकशवाणी से विशेष बातचीत म कहा कि उनकी तस्वीरें आम लोगों की जिन्दगी की कहानी है बाइट हमारे आस पास इतन चीजें हो रही होती हैं जो हम बहुत ही सामान्य समझ कर छोड़ देते हैं कि ये तो होता ही रहता है तो मैंने इन विषयों में जो हमारे आस पास हो रहे हैं जो हमारे आस पास हैं